शस्त्र शामिल समारोह के समय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उपस्थित थे

सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक दवारा तीन लाख साठ हजार करोड़ या एक लाख करोड़ रूपये ट्रांसफर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है मीडिया में इस बारे आई खबरों निराधार है आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने मीडिया से बातचीत मे कहा कि मीडिया में यह प्रचार चल रह है जबकि केवल आरबीआई का उचित आर्थिक भ्रामक प्ंजीगत ढांचा तय करने पर विचार हो रहा है

रोज़गार विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रोज़गार भत्ते के लिए आवेदकों को तीस नवम्बर तक ऑन लाइन आवदेन करना होगा तथा प्रिंटआउट सहित सभी प्रमाण संग्लन करके रोज़गार कार्यलय में जमा कराने होंगे भत्ते के लिए नियम व शर्ते पहले ही विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है

वे हर वर्ष नवम्बर में भत्ता योजना के लिए दस्ती आवेदन करते थे पर इसके लिए ऑन लाइन आवेदन करना होगा

आज रिवाड़ी में अपने निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने लोगों का आहवान किया कि इस कार्यक्रम में सभी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले उन्होंने कहा कि केएमपी अहीरवाल की जीवन रेखा होगी

मंत्री ने ग्रामीणों को बढ़ते प्रद्षण के प्रति सचेत करते हुए कहा कि सही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने में भी कठनाई होगी इसके लिए उन्होंने पोलीथीन का प्रयोग न करने की अपील की

मंत्री ने बताया कि ये विश्राम गृह दिसम्बर तक बन तैयार हो जायेगा हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कहा है कि प्रदेश सरकार दवारा अंतिम खेत तक खाल पक्का करने के मापदंड बदले गये है

आज करनाल में यह जानकारी देते हए मंत्री ने कहा कि खाल पक्का करते से पहले चौबीस फीट प्रति एकड़ को अब बढ़ाकर चालीस फीट प्रति एकड़ कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए रास्ते का अधिकार सम्बधी कानून बनाया है इसमे उन सभी किसानों को फायदा होगा जो अपनी एक खेत से दूसरे खेत में टयूब्वैल की पाइप लाइन डालना चाहते है उन्होंने वर्तमान सरकार को किसान हितैषी बताते हये कहा िक गत चार सालो में सरकार ने किसान के हित मे अनेक काम किये है अभी हाल की मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा से म्क्ति देने जैसी बड़ी राहत दी है

उन्होंने कहा िक मुख्यमंत्री ने वृदवावस्था विधवा व दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़कर भी दो हजार रूपये कर दी है हिसार पुलिस की अपराध शाखा ने एक व्यक्ति को दो किलो स्मैक के साथ गिर फ्तार किया है प्लिस प्रवक्ता के अन्सार नशीले पदार्थो का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत हांसी पुलिस की अपराध शाखा दवारा आरोपी को हांसी बस अड्डे से गिर फ्तार किया गया उसकी पहचान राजथल गांव के सचिव के सचिन के तौर पर हई है पुलिस ने उसके खिलाफ मादक दवव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है

भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भैयाद्रज आज उत्साह के साथ मनाया गया भाईयों ने बहनों से तिलक करवाकर उन्हें उपहार दिये वहीं आज बहनों ने प्राचीन श्री यम्नेश्वरी मंदिर बहाद्रगढ़ प्राचान श्री विष्णू भगवान मंदिर श्री आदी बद्री जा कर भाईयों की लंबी आयु व सुख समुदवि की मंगल कामना की हमारे संवाददाता ने बताया है कि जगाधरी स्थित वृद्वाश्रम में लोगों ने जाकर वहां रह हरी महिलाओं से टीका लगवाया और उन्हें फल मिठाईयां व पैसे दिये जिले के सढौरा ब्रेढिया खिजराबाद छछरौली जगाधरी रादौर सरस्वती नगर आदि जगहों से भी भैया दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाने के समाचार है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना से विधायक सुभाष बराला ने आज कहा है कि भारतीय इतिहास में सिख ग्रुओं के त्याग तपस्या व बलिदान का एक महत्वप्र्ण अध्याय है हमारी आने वाली पीढ़ियां इस महत्वपूर्ण अध्याय से सीख लें इसके लिए वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की है वो टोहाना में रतिया रोड पर ग्रीन पार्क के समीप शहीद जोरावर सिंह फतेहसिंह द्वार का शिलान्यास करने के मौके पर उपस्तिथ जनसमूह को संबोधित कर रहे थे

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में यहां से ऐसे च्ने हए प्रतिनिधि रहे हैं जिनकी कई कई वर्षो तक सरकार भी रहीं लेकिन अपने कार्यकाल में शहीदों की याद में क्छ नहीं किया अब जबकि वर्तमान सरकार वीर शहीदों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है तो ऐसे प्रतिनिधि राजनीति कर रहे है उन्होंने कहा कि हमारी पीढियां अमर शहीदों के जीवन से प्रेरणा ले सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने भी महान सिख ग्रुओं की शिक्षाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करवाया है